वे भेड़ाघाट में प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की महत्तवपूर्ण बैठक में पार्टी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे बैठक में आगामी विधानसभा चूनाव की रणनीति तय की जायेगी इसके साथ साथ केन्द्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाये इस पर भी चिंतन होगा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर थावरचंद गेहलोत प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं श्री अमित शाह भाजपा के समर्थन के लिए संपर्क अभियान के तहत आज शाम उच्चतम न्यायालय के दो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों न्यायमूर्ति पीपी नावलेकर और न्यायमूर्ति धर्माधिकारी से भी भेंट करेंगे

ग्रीष्मकालीन उड़द के खरीदी का काम उन्हीं जिलों में किया जायेगा जहाँ उड़द की बोनी का रकबा एक हजार हेक्टेयर या उससे अधिक है इस संबंध में प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने जबलपुर नरसिंहपुर कटनी बालाघाट डिण्डौरी सिवनी दमोह और हरदा के कलेक्टर्स को निर्देश जारी किये हैं पंजीकृत किसान के ग्रीष्मकालीन उड़द के रकबे का सत्यापन पोर्टल पर किया जायेगा

प्रशिक्षण प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चूनाव निर्वाचन प्रक्रिया के बेहतर संचालन के लिये अधिकारियों के प्रशिक्षण का तीसरा चरण आज से भोपाल स्थित प्रशासन अकादमी में शुरू हुआ

मंहगाई मत्ता प्रदेश के नगरीय निकायों के पेंशनरों को भी राज्य सरकार के पेंशनरों के समान मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है

इसमें योग प्रशिक्षितों द्वारा आम लोगों को योगाभ्यास करवाया जायेगा विमाग ने योग प्रशिक्षित नागरिकों को योग स्वयं सेवकों के रूप में कार्यक्रम में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया है जनसेवा केन्द्र केन्द्र सरकार ने गांवों में पांच हजार वाईफाई चौपालों और जनसेवा केन्द्रों के जरिए रेल टिकटों की बिक्री की शुरूआत की है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कल नई दिल्ली में इसका उदघाटन किया इस योजना का उददेश्य भारतनेट के जरिए ग्रामीण इंटरनेट संपर्क का स्वरूप बदलना है वाईफाई चौपालों के माध्यम से ग्रामीण इलाको के लोगों को प्रभावी इंटरनेट सेवायें भिल सकेंगी

मौसम विभाग के अनुसार आगामी दो दिनों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में मॉनसून पूर्व गतिविधियों के चलते अच्छी बारिश हो सकती है उसके बाद गर्मी एक बार फिर असर दिखायेगी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान प्रदेश के दक्षिण पूर्व हिस्से और होशंगाबाद जबलपुर शहडोल संभागों में अच्छी बारिश होने की संभावना के बीच तापमान में गिरावट हो सकती है जबकि पश्चिमी और उत्तरीय मध्यप्रदेश में शृष्क हवाओं के चलते तापमान में बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी विमाग ने बताया कि अरब सागर में मॉनसून का प्रवाह कमजोर पड़ने के कारण प्रदेश में आगामी दस दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आने के आसार नहीं बन रहें हैं होशंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया कि बारिश से पहले जिले में प्रशासन ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिये तैयारी कर ली है

अभियान में हजारों पौधे लगाकर इन्हें गोद लिया जायेगा